लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं देने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा दोनों पक्ष मिलजुलकर समाधान तलाशें

प्रदेश में कोरोना संकमितों की संख्या सवा दस हजार के पार अब तक सात हजार से ज्यादा हुए स्वस्थ

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय किए गए

इस दौरान जीएसटी संग्रहण और कपड़े के कर ढांचे पर भी विचार विमर्श हुआ श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद उर्वरक कपड़ा और जूता चप्पल पर लगे कर में सुधार पर चर्चा की उच्चतम न्यायालय वायरस उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कम्पनियों के खिलाफ जुलाई तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि उदयोगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें

हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक ट्रेवलर बस का अगला टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से सीधे टकरा गयी

पुलिस व स्वास्थ विभाग की टीम मौके पर पहुची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि राजेन्द्र नगर में कुछ लोग नकली नोट छापने का काम कर रहे हैं इस पर पुलिस ने दबिश देकर तीन आरोपियों आशीष श्रीवास्तव रजनीश यादव और विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार किया है

इनमें डॉ श्रीकांत पांडे अपर सचिव को अपर सचिव राजस्व विभाग दीपक सक्सेना उप सचिव को प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम बसंत कुर्रे उप सचिव को संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास गिरीश शर्मा प्रमुख सलाहकार नगरीय प्रशासन को संचालक अटल बिहारी वाजपेई सुशासन संस्थान का संचालक बनाया है

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सवा दस हजार से ज्यादा हो गई है

वहीं अब सकिय मरीज केवल सत्ताई सौ रह गये हैं

जबलपुर में आज एक कोरोना संकमित की मौत हो गई

दमोह में आज दो लोग स्वस्थ होकर घर लौटे

पन्ना जिला कोरोना मुक्त होने की और अग्रसर है

जिला महामारी अधिकारी डॉ योगेश शर्मा ने बताया है कि ग्रीन जोन में आने के प्रयास जारी हैं

कमिश्नर नरेश पाल ने बताया कि ग्रामीण युवाओं का ग्रामवार ब्लाकवार और जिले वार डाटा बेस तैयार होगा

मौसम मॉनसून महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक पहुँच गया है इसके चलते प्रदेश में कई जगहों पर आज मानसून पूर्व की बारिश हुई

मंडला से भी तेज हवाओं के साथ बारिश की खबर है राजधानी सहित कई जिलों में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं मौसम विभाग ने आज शहडोल जबलपुर रीवा सागर होशंगाबाद उज्जैन इंदौर भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है

शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने कहा कि इस दौरान सामुहिक नवाज नहीं होगी

इन दिनों किसानों द्वारा मूंग की फसल जल्दी सुखाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन इसके खाने से पशुओं की मौत हो रही है

इसके लिये खनिज विभाग प्रक्रिया पूरी कर रहा है